मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश और वजपात को लेकर फिर किया अलर्ट राष्ट्रपति राम नाथ ने कोविंद धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया इस समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके आष्टांगिक मार्ग पर वीडियो संबोधन करेंगे धर्म चक्र दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने पहले पांच शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्मगुरुओं और विद्वानों के संदेश सहित कई कार्यक्रम बोधगया और सारनाथ से संचालित किए जाएंगे दुनिया भर में लगभग तीस लाख श्रद्धालु लाइव वेबकास्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम देख सकेंगे पिछले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिले में कोरोना संक्रमण के चार सौ अठाईस नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह हो गई है इनमें से आठ हजार दो सौ ग्यारह लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कल पटना में सबसे अधिक अंठावन नये मरीजों की पहचान की गयी है पिछले चार दिनों में पटना में तीन सौ पच्चीस से अधिक लोग संक्रमित हुये हैं नालंदा में चौवालीस मुजफ्फरपुर में चौंतीस सीवान में चौबीस दरभंगा और सारण में इक्कीस इक्कीस मुंगेर में बीस औरंगाबाद पश्चिम और पूर्वी चंपारण में उन्नीस उन्नीस भागलपुर में अठारह पॉजिटिव मिले हैं वहीं सहरसा में पंद्रह बेगूसराय में तेरह किशनगंज और जमुई में आठ आठ कैमूर पूर्णिया तथा भोजपुर में सात सात जबकि गया नवादा और शेखपुरा में छह छह अरवल कटिहार जहानाबाद मध्रबनी तथा लखीसराय में पांच पांच रोहतास और सुपौल में चार चार शिवहर में तीन गया बक्सर मधेपुरा और सीतामढ़ी में दो दो समस्तीपुर गोपालगंज तथा सीतामढ़ी में एक एक लोग पॉजिटिव पाये गये हैं विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात हजार एक सौ सतासी नमूनों की जांच हयी है कल पटना एम्स और एनएमसीएच में चार कोरोना संक्रमितों की मौत हुयी है

भारतीय आयूर्विज्ञान अन्संधान परिषद आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निजी प्रयोगशालाओं को कोविड उन्नीस जांच के लिए एन ए बी एल से मन्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है जेईई की मुख्य परीक्षा अब इस वर्ष एक से छह सितम्बर को होगी जबकि एडवांस्ड परीक्षा सत्ताईस सितम्बर को होगी नीट की परीक्षा तेरह सितम्बर को करायी जायेगी एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि गवर्मेंट ई मार्केटप्लेस जेम के माध्यम से खरीददारी करने वाले संगठनों को विक्रेताओं को देर से भुगतान के लिए एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन के कार्यालय के एक ट्वीट में बताया गया है कि भूगतान प्रणाली अनुशासित करने तथा विक्रेताओं और विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ब्याज लगाने का आदेश जारी किया है यह आदेश इस वर्ष एक अक्टूबर से की जाने वाली सभी खरीददारी पर लागू होगा देर से किये जाने वाले भूगतान पर लागू एक प्रतिशत ब्याज की राशि जेम संचालित खाते में जमा की जायेगी ब्याज राशि विक्रेता को नहीं मिलेगी और इसका एक अलग खाता बनेगा केंद्र सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इससे संबंधित निर्देश राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजा है सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर खूले तेल में मिलावट की आशंका बनी रहती है केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिये गौरतलब है कि मिलावट पर नियंत्रण के लिये बने कानून में छह महीने से लेकर उम्रकैद तक सजा और दस लाख रूपये तक जुर्माना का भी प्रावधान है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बिहार सहित उत्तर प्रदेश और प्रवोत्तर राज्यों में बाढ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुयी इस बैठक में गृह मंत्री ने बाढ की विभिषिका रोकने और जान माल का नुकसान कम से कम करने की सुनियोजित योजना तैयार करने का निर्देश दिया उन्होंने पूर्वानुमान के आधार पर बाढ की पूर्व जानकारी देने की स्थायी व्यवस्था विकसित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया उन्होंने जलाशयों से समय पर पानी छोडने और बाढ की रोकथाम के लिए जल शक्ति मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग को प्रमुख बांधों की भंडारण क्षमता के आकलन का भी निर्देश दिया राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को लॉकडाउन के समय बिहार लौटे प्रवासी बिहारियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में लगभग दो लाख बैलेट यूनिट की जांच की कार्रवाई शुरू हो गयी है इधर चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस के अधीन चूनाव सेल का गठन किया गया है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वजपात से चौदह लोगों की मौत हो गयी और नौ लोग घायल हो गये वैशाली जिले में छह लोगों की मौत हुई है जबकि तीन लोग समस्तीपुर में मारे गये लखीसराय गया जमुई और बांका जिलों में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी घायलों का स्थानीय अस्पतालों में उपचार हो रहा है मृतकों में अधिकतर किसान या मजदूर थे जो खेतों में काम कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वजपात की घटना में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने घायलों के निःशुल्क उपचार के आदेश भी दिये हैं इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले चौबीस घंटों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है वहीं अगले एक से दो घंटों के दौरान अररिया और किशनगंज कैमूर रोहतास पश्चिम और पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के आसपास के इलाकों में देर रात से वर्षा हो रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि में इक्कीस मार्च से तीन जून का तिमाही रोड टैक्स इकतीस जुलाई तक जमा कर दें श्री मोदी ने कहा कि इसके अंतर्गत एक मुश्त चालीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी छूट के साथ इस अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि अगर वाहन परिचालक इकतीस जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड के साथ पूरा टैक्स भी देना होगा राज्य सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों भूमि सुधार उप समहर्ता और सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी सहित चार सौ दो अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है इन तबादलों में पैसे की लेनदेन की शिकायत पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रोक लगाते हुये तबदलों की प्री फाइल मुख्यमंत्री के सामने पेश करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब इन तबादलों की फाइल खुद देखेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा झारखण्ड उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हये सावन माह में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर और वासुकीनाथ में कांवर यात्रा और मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है न्यायालय ने लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हये राज्य सरकार को इन मंदिरों में होने वाली प्रजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है इधर बिहार सरकार ने प्रदेश में श्रावणी मेलों के आयोजन और शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर रोक लगा दी है प्रदेश में मक्के की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन दिनों में जवाब देने को कहा है राज्य के अनुदानित पांच सौ निन्यानवे इंटर कॉलेजों और सोलह माध्यमिक विद्यालयों की संबंद्वता इकतीस दिसंबर तक के लिये बढ़ा दी गयी है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है लेह में प्रधानमंत्री ने परोक्षरूप से चीन को नसीहत दी सेना का हौसला बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विस्तारवादी न भूलें ऐसी ताकतें मिट जाती हैं दैनिक भास्कर की सुर्खी है पांच साल बाद एलएसी पर प्रधानमंत्री विस्तारवादी नीतियों वाले चीन को चुनौती दैनिक जागरण ने कोरोना संक्रमण की स्वदेशी वैक्सिन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है पंद्रह अगस्त को कोरोना की वैक्सिन लॉच करने की तैयारी प्रभात खबर का शीर्षक है चार सौ दो सीओ व डीसीएलआर के तबादलों पर लगी रोक आज अखबार लिखता है टिड्डी मुक्त हुआ बिहार

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को लेकर फिर किया अलर्ट